प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है

दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है कोरोना जागरूकता इस बीच छत्तीसगढ़ में त्यौहारों के इस मौसम में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों कस्बों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कहा है कि जिले में भले ही संक्रमण की दर में कमी आई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है उन्होंने लोगों से प्रमुख त्यौहारों और ठंड के मौसम को देखते हुए कोरोना से बचाव संबंधी उपायों का पालन करने की अपील की है जिला कलेक्टर ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय में बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मियों को लगातार जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के लिए कलेक्टोरेट तहसील और शासकीय कार्यालयों में जांच सुविधा शुरू करने को कहा उधर दुर्ग में नन्ही दुर्गा को जागरूकता अभियान का शुभंकर बनाया गया है जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने नन्हीं दुर्गा के कटआउट का लोकार्पण किया यह नन्हीं दुर्गा जगह जगह जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करेगी

जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एक आदेश जारी कर कहा है कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन रात आठ बजे के बाद किसी भी व्यावसायिक संस्थान का संचालन नहीं किया जा सकेगा पेट्रोल पम्प और मेडिकल दुकान निर्धारित समय पर ही खुलेंगे इसी तरह रेस्टॉरेंट होटल और टेक अवे होम डिलीवरी की अनुमति रात दस बजे तक ही होगी वहीं कोविड केयर केन्द्रों की सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए एक सर्वे में दुर्ग जिला पहले स्थान पर है इसी तरह होम आइसोलेशन के दौरान मरीजों को दी जाने वाले सुविधाओं के मामले में रायपुर जिला पहले और दुर्ग जिला दूसरे स्थान पर रहा है विस विशेष सत्र राज्यपाल अनुसईया उइके ने राज्य सरकार द्वारा सत्ताईस और अट्ठाईस अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के संबंध भेजे गए प्रस्ताव को लौटाते हुए इस बारे में जरूरी जानकारियां मांगी हैं राज्यपाल ने कहा है कि पूर्व में दिए गए प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी राज्यपाल की ओर से यह पूछा गया है कि अंठावन दिन पहले ही विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित किया गया था ऐसे में किन विशेष परिस्थितियों की वजह से अचानक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत आ गई है इस बीच राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारियों के साथ संबंधित फाइल को फिर से राजभवन भेज दिया गया है सरकार की ओर से बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि संबंधी तीनों ही कानून से राज्य के किसानों का हित प्रभावित हो रहा है इसलिए राज्य सरकार अपनी सीमा के अंदर किसानों के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहती है राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य में धान खरीदी शुरू होने की तारीख करीब है ऐसे में इस विशेष सत्र को तुरंत बुलाया जाना बेहद जरूरी है इससे पहले मीडिया के साथ हुई चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक पत्र सौंपकर सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से रोकने की मांग की है भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा कि यह विशेष सत्र बुलाकर और नीतिगत निर्णय लेकर सरकार मरवाही विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है

वन मंत्री ने कहा है कि कुछ तत्वों द्वारा निहित स्वार्थ के लिए एलीफेंट रिजर्व के बारे में अफवाह फैलाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है जबकि इसके बनने से कोयला खनन बड़े उद्योग वन्य प्राणियों का शिकार और जंगल में आग लगाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा अधिसूचना में केवल शासकीय भूमि ही शामिल होगी श्री अकबर ने बताया कि एलीफेंट रिजर्व बनने के बाद भी वनवासियों का विस्थापन नहीं होगा सीएम एमओय् मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का कार्य कोवल डिग्री देना नहीं है बल्कि समाज और राज्य की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से निराकरण करना भी है यह बात मुख्यमंत्री ने आज राज्य योजना आयोग और प्रदेश के चौदह विश्वविद्यालयों तथा चार उच्च शैक्षिक संस्थानों के बीच शोध और अनुसंधान के लिए हुए एमओयू कार्यक्रम में कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि रोजगार ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से सरल समाधान के उद्देश्य से यह एमओयू किया गया है इस एमओयू में ट्रिपल आईटी आईआईएम एम्स और आईआईटी भी शामिल हैं इस समझौते के तहत प्रदेश के समावेशी विकास में इन उच्च शैक्षिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी भाजपा रैली प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने आज राजधानी रायपुर में जन आक्रोश रैली निकाली इस दौरान पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी होने की भी खबर मिली है भाजपा नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ता गृह मंत्री के घर का घेराव करने निकले थे तभी पुलिस ने इन्हें सप्रे शाला स्कूल के सामने रोक दिया इस दौरान विधायक बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रैली से पहले आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए श्री मूणत ने आरोप लगाया कि राज्य में लचर कानून व्यवस्था की वजह से नशा और अपराध बढ़ रहे हैं वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अगर कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा मुख्यमंत्री प्रेसवार्ता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा एफसीआई द्वारा खरीदे जाने वाले धान का उपयोग कर एथेनॉल बनाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय का छत्तीसगढ़ के किसानों को तभी लाभ मिल पाएगा जब उचित मूल्य पर खरीफ और रबी फसल की खरीदी के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा माओवादी मुठभेड् बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है वहीं इस दौरान माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में दो जवान घायल हो गए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि पेद्दागल्लूर इलाके में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी इसके बाद सुरक्षा बलों का दल जब मौके पर पहुंचा तो घात लगाए माओवादियों ने विस्फोट किया जिससे दो जवान घायल हो गए मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक माओवादी का शव और बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद की गई है हाथी मालू राजनांदगांव जिले की ओर आ रहा जंगली हाथियों का दल वापस भानुप्रतापपुर की ओर लौट गया है इसके बाद भी वन विभाग ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है वन विभाग के मुताबिक भानुप्रतापपुर की ओर से हाथियों का एक दल राजनांदगांव की ओर आ रहा था इस दल में चार बच्चे सहित बाईस हाथी शामिल हैं लेकिन इसे देखते हुए वन अमला मुस्तैद था और हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी डीएफओ बीपी सिंह ने बताया कि हाथियों का यह दल वापस लौट गया है इधर कोरिया जिले को गदबदी गांव में आज सुबह एक युवक पर भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया मौसम प्रदेश से मानूसन अब विदाई की ओर अग्रसर है उत्तरी भाग में बारिश का मौसम खत्म होने की अनुकूल रिथतियां बनी हुई हैं रायपुर स्थित मौसम विभाग केन्द्र के मुताबिक मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है वहीं ऊपरी हवा में बने एक चक्रवाती घेरा के आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान सक्रिय होकर आगे बढ़ने की संभावना है इसके असर से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के साथ ही अन्य कई स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी इलाके में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है बस्तर दशहरा बस्तर दशहरे के तहत आज जगदलपुर में फूल रथ की तीसरी परिक्रमा हो रही है चार पहियों वाले इस दो मंजिलें रथ पर मां दंतेश्वरी के छत्र के साथ पुजारी और राजगुरू आरूढ हैं रथ परिक्रमा शुरू होने से पहले पुलिस जवानों द्वारा माई जी को इक्कीस तोपों की सलामी दी गई संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने समाज सेविका पदमश्री फुलबासन बाई यादव को टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी हैं फोन पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने श्रीमती यादव द्वारा महिलाओं को संगठित कर स्व रोजगार दिलाने के कार्यों की सराहना की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में एक प्रेसवार्ता लेकर राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और जिला अस्पतालों में डायलिसिस और कीमोथैरेपी की सुविधा के अलावा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा तेरह दिसंबर को आयोजित की जाएगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी आगामी चौबीस अक्टूबर तक अपने विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे के नियमों में बदलाव के विरोध में राजनांदगांव रेल श्रमिक यूनियन ने आज डोंगरगढ़ में धरना प्रदर्शन किया रेल प्रशासन ने विशाखापट्नम और निजामुद्दीन के बीच चलने वाले पूजा स्पेशल ट्रेनों के नंबर में परिवर्तन किया है प्रदेश में रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज विभाग ने इस वर्ष एक सौ सात रेत भंडारण अनुज्ञा स्वीकृत की है विभाग के अनुसार रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रेत की बढ़ती कीमतों पर भी रोक लगाई जा सकी है महासमुंद जिले के बसना तहसील में फर्जी तरीके से ऋण पुरितका तैयार करने के मामले में सरायपाली के अनुविभागीय दंडाधिकारी ने एक पटवारी को निलंबित कर दिया है वहीं दो अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है कोंडागांव के जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कोंडागांव बायपास रोड के निर्माण से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों की बैठक लेकर उन्हें क्षतिपूर्ति राशि और भूमि के स्थान पर दूसरी भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए प्रदेश में अवैध रूप से शराब की बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए संचालित अभियान के तहत आबकारी विभाग ने एक सौ उनहत्तर देशी और विदेशी दुकानों में छापामार कार्रवाई की राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ ब्लॉक के किसानों ने सड़क चौड़ीकरण में जमीन अधिग्रहित किए जाने पर मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा धमतरी जिले के सेलदीप गांव के ग्रामीणों ने महानदी में अवैध रूप से रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा कोरबा से आज और बाईस अक्टूबर को अमृतसर से चलने वाले पूजा स्पेशल ट्रेन मथुरा और अमृतसर को बीच रद्द रहेगी राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है महासमुंद जिले में क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में साइबर सेल की टीम ने सरायपाली इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है